न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के फैसले पर संतोष जाहिर करते हये कहा कि फिलहाल किसी आदेश की जरूरत नहीं हैं

अधिसूचना लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए अधिसूचना जारी हो गयी है

जबकि अगले दिन मतपत्रों की जांच होगी

इस चरण में प्रदेश की मुरैना भिंड ग्वालियर ग्ना सागर विदिशा भोपाल और राजगढ़ में वोट डाले जायेंगे ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन का काम शुरू हो गया है वहीं विदिशा संसदीय क्षेत्र के लिए आज से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जायेंगे

चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा

चुनाव वाहन जीपीएस प्रदेश में निर्वाचन कार्य में लगे बीस हजार से अधिक वाहनों की निगरानी के लिए जीपीएस प्रणाली लगाई जायेगी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीएल कांताराव ने भोपाल में बताया कि इन वाहनों का उपयोग ईवीएम मशीन को ढोने और मतदान कर्मियों की आवाजाही के लिए किया जाएगा

श्री कांताराव ने बताया है कि इस बार मतदान के बाद वीवीपैट को सीलबंद करने से पहले उसकी बैटरी निकाली जाएंगी वहीं आयोग के निर्देश अनुसार हर विधानसभा सीट की पांच पांच वीवीपैट मशीनों का पर्चियों से मिलान किया जाएगा इससे मतगणना में चार घंटे का अतिरिक्त समय लगेगा

इस दौरान उन्होंने प्रदेश में सरकार द्वारा की गई कर्ज माफी और युवाओं के लिये लागू की गई युवा स्वाभिमान योजना सहित कई उपलब्धियां गिनाई वहीं केन्द्र सरकार की नीतियों की आलोचना की मुख्यमंत्री अब से क्छ देर बाद हट्टा में भी सभा को संबोधित करेंगे विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल द्वारा लोकसभा चुनाव पर विशेष कार्यक्रम आपका वोट आपकी सरकार कल रात आठ बजे से आठ बजकर पन्द्रह मिनट तक सुना जा सकता है इस बार छिन्दवाड़ा बालाघाट और मंडला लोकसभा सीट के मुद्दे और तमाम पहलुओं पर चर्चा की जायेगी

उन्होंने सभी ऊपार्जन केन्द्र प्रारंभ किये जाने के निर्देश दिये